तातो में आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिज्ञ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव भी उपस्थित थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र और दुर्गम इलाके के मद्देनजर राज्य विधानसभा ने वेस्ट सियांग जिले कुछ हिस्सों को मिलाकर शि योमी जिले के गठन को मंजूरी दी है उन्होंने स्थानीय जनजातियों से इस नए जिले को खुशहाल और प्रगति की राह पर ले जाने के लिए एकमत से चलने को कहा इस नए जिले में मेचुका पीदी तातो और मोनीगोंग अंचल है राज्य विधानसभा ने हाल ही में शि योमी लेपा रादा और पाक्के केसांग जिलों के गठन की मंजूरी दी अब राज्य में पच्चीस जिले हो गये है

एक बयान में उन्होंने कहा है कि वे तत्काल प्रभाव से यह पद छोड़ रहे हैं श्री पटेल ने कहा कि कई वर्षों तक रिजर्व बैंक में विभिन्न पदों का कार्यभार संभालना उनके लिए सम्मान की बात है उन्होंने रिजर्व बैंक के कर्मियों अधिकारियों प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरु होगा जनवरी तक चलने वाले इस सत्र में बीस बैठकें होगी इस दौरान राज्यसभा में आठ और लोकसभा में पंद्रह महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चूनाव से पहले यह संसद का अंतिम पूर्ण सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है कल ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा भी बैठकें करने की संभावना है अरुणाचल प्रदेश में पेट और लिवर के केंसर देश के अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक संख्या में रिकॉर्ड किये गये है ज्यादातर मामलो का पता एडवांस स्टेज में चलता है जिसकी वजह से चिकित्सा के जरिए मरीजों को बचा पाना मुश्किल हो जाता है

ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सह पासीघाट स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष टी ताताक ने सभी हितधारको से स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्यवन के लिए पासीघाट के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए स्मार्ट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है पासीघाट में रविवार को एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए आयोजित हितधारको की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह बात कही जिला उपायुक्त ने स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रस्तावों के कार्यान्वयन को अंतीम रुप देने के लिए प्रमुख मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगी लोअर दिवांग वैली जिले के दांबुक में आगामी पंद्रह से अट्टारह दिसंबर तक साहसिक और संगीत का त्योहार ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा इस त्योहार का यह पांचवा संस्करण है

तवांग में आज गैर सरकारी संगठन भारत तिब्बत मित्रता सोसायटी और श्यो गाव वालों ने मिलकर चौदहवां दलाई लामा ग्यामबा तेंजिन ग्यातसो को प्रदान किए गए नॉबल शांति पुरस्कार की उन्नतीसवा सालगिरह मनाया उन्नीस सौ नवासी की दलाई लामा को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया था इस अवसर पर तवांग टाऊन और आसपास के गावों से हजारो लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए प्रदेश के कार्मिक और आध्यात्मिक मामलों के अध्यक्ष जामबे वांगदी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित थे

उन्होंने अन्य गांवो में भी इस तरह के कैंप आयोजित करने का आश्वासन दिया ताकि लोग लाभ उठा सके इस कैंप में पंद्रह विभागो ने भाग लिया

सरकार आपके द्वार और जन सुनवाई सम्मेलन तवांग जिले के लुमला सब डिविजन के वोंगला गांव में आयोजित किया गया हुंगला अपर प्राईमेरी स्कूल में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त सांग फुनसोक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इस विद्यालय के छात्रों को सम्मानित किया